कांग्रेस डीएमके तृणमूल कांग्रेस बीजू जनता दल तेलगू देशम वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना सहित सभी प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ओम बिड़ला का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था बाद में कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की घोषणा की प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता उन्हें अध्यक्ष के आसन तक ले गये इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री बिड़ला का बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन जन सेवा में लगा दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि बिड़ला जिस कोटा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं उसे लघ् भारत और शिक्षा का केन्द्र माना जाता है

समाज जीवन की कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से रहे अपने संबोधन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष होना चाहिए

श्री बिड़ला ने कहा कि एनडीए सरकार को मिले भारी जन समर्थन को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि सरकार पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी बाइट जिस तरीके का विश्वास भरोसा देश की जनता ने सरकार पर व्यक्त किया है

इससे पहले सभी दलों के नेताओं ने श्री बिड़ला को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने म नए अध्यक्ष को अपनी पार्टी के पूरे समर्थन की बात कही

बाद में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन से परिचय करवाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि विवाद को अपराध की बड़ी वज़ह बताते हुए ऐसे मामलों के जल्द निपटारे का आहवान किया है आज लखनऊ में लेखपालों को लैपटाप वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लैपटॉप मिलने से लेखपालों की कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी होगी और वे तेज़ी से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे

मुख्यमंत्री ने समारोह में लखनऊ के इक्कीस लेखपालों को सांकेतिक रूप से लैपटॉप वितरित किये रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल बोर्ड द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेल अधिकारियों से एक टीम के रूप में काम करने का आह्वान किया है

रेल राज्यमंत्री सुरेश सी अंगदी ने अधिकारियों से कहा कि वे रेलवे को विश्वस्तरीय परिवहन प्रणाली बनाने की दिशा में प्रयास करें

प्रदेश के सम्भल और फतेहपुर में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पन्द्रह लोगों की मौत हो गयी और तीस से अधिक लोग घायल हो गये सम्भल ज़िले में एक सड़क दुर्घटना में दो बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गयी जबकि दस अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना बहजोई थाना क्षेत्र के लहरावन गांव के पास उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कन्टेनर ट्रक ने एक चौपहिया वाहन में टक्कर मार दी जिससे सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है उधर फतेहपुर ज़िले में चॉदपुर थाना क्षेत्र के बिलारी काह मोड़ के पास आज एक निजी बस और ट्रक की टक्कर में बस सवार सात यात्रियों की मौत हो गयी और पच्चीस अन्य घायल हो गये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों दुर्घटनाओं पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के पति संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को इन हादसों में घायल हुए लोगों के समुचित उपचार के प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं

हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह राजभवन में आयोजित किया जाएगा जिसमें राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी हिस्सा लेंगे बाइट प्रदेश भर में योग पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो पंद्रह जून से शुरू हुआ था और इस महीने की तीस तारीख तक चलेगा राज्य सरकार पहले ही योग पर आधारित एक ऐप जारी कर चुकी है जिसका नाम है योग प्रदेश उत्तर प्रदेश और इससे सरकार की ओर से योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी मिलेगी वाराणसी में गंगा किनारे के घाटों के साथ ही सारनाथ में विशेष इंतजाम किए गए हैं जहां इक्कीस जून को बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास करेंगे

सेना के मध्य कमान ने भी प्रदेश में सैनिकों और उनके परिजनों के लिए योग प्रशिक्षकों की निगरानी में योगाभ्यास कार्यकमों की तैयारियां पूरी कर ली हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आगामी इक्कीस जून को लखनऊ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा विशेष योग शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने बताया कि दो दिवसीय प्रदर्शनी का विषय होगा करें योग रहें निरोग उन्होंने बताया कि कार्यकम का आयोजन लखनऊ के जानकीपूरम स्थित एक विद्यालय में किया जायेगा

प्रदश में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज कई ज़िलों में हुई हल्की बूंदा बांदी से तापमान में गिरावट दर्ज़ की गयी है

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में राज्य के पूर्वी ज़िलों में बारिश और आंधी की संभावना व्यक्त की है जबकि पश्चिमी ज़िलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है राजधानी लखनऊ और आस पास के ज़िलों में सुबह से हल्की बूंदा बांदी हुई और आसमान में बादल छाये रहे वहीं कन्नौज जिले में भी सुबह से हल्की बरसात होने से लोगों को गरमी से राहत मिली है और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से कन्नौज ज़िले में हल्की बरसात का सिलसिला जारी है दिन भर धूप नहीं निकली और आसमान में बादल छाये रहे आज ज़िले का तापमान तैतालीस डिग्री सेल्सियस से घटकर इक्कतीस डिग्री सेल्सियस दर्ज़ किया गया तापमान में गिरावट आने से गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली है लेकिन इसके साथ उमस बढ़ गयी है बरसात से किसानों को फायदा पहुंचा है वहीं मक्का की फसल को लेकर किसान चिंतित हैं मौसम में परिवर्तन से मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है